दंतेवाड़ा उप चुनाव दंतेवाड़ा विधानसभा उप चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच कल मतदान होगा मतदान के लिए सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक का समय निर्धारित किया गया है मतदान केन्द्रों में मतदाताओं की सुविधा के लिए हेल्प बुथ की स्थापना की गई है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुंबत साहू ने आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकारवार्ता में बताया कि दंतेवाड़ा उप चनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सरक्षा व्यवस्था सहित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं मतदान दलों को रवाना किया जा चका है इसके लिए एक हजार तीन सौ दो कर्मचारियों की नियक्ति की गई है उन्होंने बताया कि पूरे विधानसभा क्षेत्र को तैंतीस सेक्टर में बांटा गया है इन सेक्टरों में आने बाले मतदान केन्द्रों के पर्यवेक्षण के लिए तैंतीस सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रों के सौ मीटर के भीतर किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र फोन कैमरा या रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर जाना प्रतिबंधित है

उन्होंने स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने में मतदाताओं से सहयोग का भी आग्रह किया है जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में शत प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है इसी के अनुरूप दंतेवाड़ा उप चुनाव के मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन ऑयोग ने उप चुनाव में मतदान के लिए मतदाता परिचय पत्र के अलावा ग्यारह प्रकार के वैकल्पिक पहचान पत्र को मान्य किया है इनमें प्रमुख रूप से आधार कार्ड सरकारी परिचय पत्र डायविंग लाइसेंस स्मार्ट कार्ड पैनकार्ड मनरेगा जॉब कार्ड और पासपोर्ट सहित अन्य पहचान पत्र मान्य होंगे आयोग ने यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फोटो और मतदाता पर्ची का इस्तेमाल पहचान पत्र के रूप में नहीं माना जाएगा श्री वर्मा ने बताया कि मतदान के लिए दो सौ तिहत्तर केन्द्र बनाए गए हैं यहां एक लाख अठासी हजार दो सौ तिरसठ मतदाता हैं जिनमें से नवासी हजार सात सौ सैंतालीस पुरूष और अंठानवे हजार आठ सौ छिहत्तर महिला मतदाता शामिल हैं गौरतलब है कि दंतेवाड़ा उप चुनाव में भाजपा कांग्रेस जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बहुजन समाज पार्टी सहित अन्य पार्टियों के कुल नौ उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं चित्रकोट उप चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के चित्रकोट विधानसभा उप चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में शामिल बस्तर और सुकमा जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है साथ ही धारा एक सौ चवालीस प्रभावशील कर दी गई है चित्रकोट उप चुनाव के लिए इक्कीस अक्टबर को मतदान होगा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने आज रायपुर में एक पत्रकारवार्ता में बताया कि चित्रकोट उप चुनाव के लिए कल तेईस सितंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तीस सितंबर निर्घारित की गई है एक अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और तीन अक्टूबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे वहीं मतों की गिनती और चुनाव परिणाम की घोषणा चौबीस अक्टूबर को की जाएगी गौरतलब है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित चित्रकोट विधानसभा सीट दीपक बैज द्वारा विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद से रिक्त है श्री बैज ने बस्तर लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित होने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था

जिला पंचायत के सीईओ ने बताया कि पंचायती राज अधिनियम में शामिल ग्राम विकास के उनतीस विषयों पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कांकेर जिले का चयन दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है मुख्यमंत्री प्रेस से मिलिए कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पिछले दस माह के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यो से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती भिली है उन्होंने कहा कि इससे न केवल लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है बल्कि देशभर में मंदी के इस दौर में भी छत्तीसगढ़ में अन्य सेक्टरों में तेजी आई है मुख्यमंत्री आज राजधानी रायपूर में प्रेस क्लब द्वारा आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पिछले दस माह में राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न वर्गों को राहत देने का काम किया है श्री बघेल ने कहा कि देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि राज्य में शिक्षित बेरोजगारी दर में कमी और श्रमिक भागीदारी में बढ़ोत्तरी हुई है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा छोटे भू खंडों की खरीदी बिक्री से रोक हटाने से न केवल खरीदर्न और बेचने वालों को राहत मिली है बल्कि छोटे और मध्यम परिवारों के लिए घर का सपना साकार हुआ है साथ ही मकानों के बनने से कई लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि आटो मोबाइल सेक्टर में जहां राष्ट्रीय स्तर पर गिरावट दर्ज की जा रही है वहीं छत्तीसगढ में इसमें वृद्धि हई है राज्यपाल वनौषधि राज्यपाल अनुसईया उइके ने कहा है कि वन्य और अन्य क्षेत्रों में परम्परागत रूप से वैद्य का काम करने वाले लोगों के पास जड़ी बूटियों तथा वन औषधियों का अथाह ज्ञान है इसे संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है स्श्री उइके से कल राजभवन में श्रीरावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉक्टर अंकुर अरूण कलकर्णी ने सौजन्य मुलाकात की इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में अनेक वनौषधि और जड़ी बूटियों का भंडार है जिससे कई बीमारियों का इलाज संभव है ऐसे जड़ी बूटियों और वनौषधियों पर विश्वविद्यालयों में रिसर्च किया जाना चाहिए ताकि उसका समुचित उपयोग हो और यह ज्ञान नई पीढ़ी को भी दिया जा सके वहीं राज्यपाल सुश्री उइके से राजमंवन में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष प्रभा दुबे ने भी मुलाकात की राज्यपाल ने आयोग को राष्ट्रीय स्कोच अवार्ड से सम्मानित किए जाने पर श्रीमती दुबे को बघाई दी हाउडी मोदी कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अमरीका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप भी उनके साथ मौजूद रहेंगे एक विशाल फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पचास हजार से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों के भाग लेने की उम्मीद है कार्यक्रम के आयोजक जूगल मलानी ने आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में कहा कि इस बडे आयोजन के बाद भारत और अमरीका के संबंध नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हाउडी मोदी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करेगा इसे एफएम गोल्ड और राजघानी चैनल पर आज रात सवा नौ बजे से सुना जा सकेगा आज रात न्यूज एनालिसिस का कार्यक्रम रात सवा नौ बजे की बजाय रात सवा आठ बजे एफएम गोल्ड चैनल से प्रसारित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन प्रदेश में उत्पादित होने वाले विभिन्न किस्म के चावल लघु वनोपजों और ग्रामोद्योग उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए तैंतीस एमओयू किए गए हैं रायपूर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन में ये समझौते कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ग्रामोद्योग मंत्री गुरू रूद्रकुमार और छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास और विपणन संघ के अध्यक्ष मोतीलाल देवांगन की उपस्थिति में हुए एमओयू के पहले क्रेताओं और विक्रेताओं ने अलग अलग समूहों में आमने सामने बैठकर उत्पादों के संबंध में विचार विमर्श किया ड्राइविंग लाइसेंस आधार केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर रोक लगाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा उन्होंने कहा कि आधार को अनिवार्य कर दिए जाने से जालसाजी पर काबू पाया जा सकेगा श्री प्रसाद ने कहा कि भ्रष्टाचार रोकने में आधार महत्वपूर्ण मूमिका निभा रहा है संक्षिप्त समाचार पूर्व विधायक मंतूराम पवार के खिलाफ कांकेर जिले के पखांजूर थाना में झूठा शपथ पत्र और उम्र छिपाकर चुनाव लड़ने को लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है शिकायत पत्र में नगर पंचायत अध्यक्ष सहित करीब दस लोगों के नाम और हस्ताक्षर हैं बीजापुर जिले में माओवादियों ने एक स्कूली छात्र की अपहरण के बाद हत्या कर दी है पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने कहा है कि घटना की सूचना मिली है और इसका पता लगाया जा रहा है कबीरधाम जिले में तरेगांव थाना क्षेत्र के ध्रमाछापर जंगल में पुलिस ने माओवादियों द्वारा जमीन में दबाकर रखा गया विस्फोटक सामान बरामद किया है